छठे और सांतवे चरण के चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज

भाजपा अध्यक्ष अमित शाह मसौढ़ी में करेंगे चूनावी सभा रोजा और इबादत का पवित्र महीना रमजान आज से शुरू

प्रदेश के पांच लोकसभा क्षेत्रों सीतामढ़ी मध्रबनी मुजफ्फरपुर हाजीपुर और सारण में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्वक मतदान सम्पन्न हो गया लगभग अंठावन प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया सबसे अधिक मुजफ्फरपुर में इकसठ दशमलव तीन तीन प्रतिशत जबकि मधुबनी में सबसे कम साढ़े पचपन प्रतिशत मतदान हुआ है वहीं सारण में अंठावन हाजीपुर में संतावन दशमलव सात दो और सीतामढ़ी में लगभग संतावन प्रतिशत मतदान की खबर है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एचआर श्रीनिवास ने बताया कि पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में इन क्षेत्रों में दो प्रतिशत से अधिक वोटिंग हुई है छठे और सांतवे चरण के लिए चुनाव प्रचार अभियान तेज हो गया है कई दिग्गज नेता और स्टार प्रचारकों ने पूरी ताकत झोंक दी है एनडीए और महागठबंधन के प्रत्याशी सहित अन्य दलों के प्रत्याशी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं इस सिलसिले में आज जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिवहर के चिरैया पश्चिम चंपारण के छौड़ादानो और पूर्वी चंपारा के मेहषी में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की चूनावी रैली पाटलिप्त्र लोकसभा क्षेत्र के मसौढ़ी में होगी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय और लोजपा सांसद चिराग पासवान भी श्री शाह के साथ मौजूद रहेंगे भाजपा के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी पूर्वी चंपारण के पिपरा रक्सौल और नरकटियागंज में चुनावी सभा करेंगे इधर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव बक्सर काराकाट आरा सीवान और वैशाली में चुनाव प्रचार करेंगे पटना साहिब संसदीय क्षेत्र में अपने चूनाव प्रचार के दौरान भाजप नेता और केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नये भारत के निर्माण में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है उन्होंने कहा कि लगभग सवा दो लाख पंचायतों में काम रहे तीन लाख कॉमन सर्विस सेंटर द्वारा बारह लाख लोगों को रोजगार मिला है इधर उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र में एनडीए प्रत्याशी रामकृपाल यादव के लिए चुनाव प्रचार किया उन्होंने कहा कि इस बार केन्द्र में प्रचंड बहुमत से मोदी जी की सरकार बनने जा रही है राज्य में चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद अब तक आठ करोड़ अठहत्तर लाख से अधिक नकदी जब्त की गयी है

इसके अतिरिक्त लगभग अट्ठाईस हजार लीटर शराब और पचपन किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है साथ ही एक सौ पचास हथियार सहित कई कारतूस बरामद किये गये हैं निर्वाचन आयोग ने चुनाव में तैनात सेना और अर्द्वसैनिक बलों के जवानों के लिए ई बैलेट से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की व्यवस्था की है निर्वाचन आयो के निर्देशानुसार सभी सर्विस मतदाताओं को मत पत्र उनके कार्यालय के पते पर भेज दिया जायेगा सर्विस मतदाताओं के वोटों की गिनती की और क्यू आर रीडर से की जायेगी पटना के जिलाधिकारी ने बताया कि पोस्टल बैलेट के द्वारा मतदान के लिए पटना साहिब और पाटलिपुत्र लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में आठ केन्द्र बनाये गये हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी चौदह मई को बक्सर और सासाराम में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे इन दोनों संसदीय क्षेत्रों में अंतिम चरण में उन्नीस मई को चुनाव होना है सूत्रों के अनुसार श्री मोदी के पाटलिपूत्र लोकसभा क्षेत्र में भी एनडीए प्रत्याशी रामकृपाल यादव के समर्थन में सभा करने की संभावना है

कल रात मस्जिदों में विशेष नमाज तरावीह के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा यह नमाज पूरे महीने जारी रहेगी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस अवसर पर लोगों को मुबारकबाद दी है श्री मोदी ने कहा कि रमजान का पावन महीना समाज में सद्भाव प्रसन्नता और भाइचारे को बढावा देगा आज अक्षय तृतीया है वैशाख माह के श्क्ल पक्ष की तृतीया तिथि को इस पर्व को मनाने का विशेष महत्व है इस दिन दान तर्पण और सोना खरीदने का विशेष लाभ है आज से ही गंगोत्री और यमुनौत्री के कपाट खुल गये जबकि केदारनाथ के कपाट ग्रूवार को और बद्रीनाथ के कपाट शुक्रवार को खूलेंगे पटना सहित पूरा प्रदेश लू की चपेट में है तेज पछुआ हवा चलने से तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है पटना का अधिकतम तापमान बयालीस डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है वहीं बयालीस दशमलव एक डिग्री सेल्सियस के साथ गया सर्वाधिक गर्म स्थान रहा मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले एक सप्ताह तक प्रदेश के कई इलाकों में तेज ध्रप और गर्म हवा चलने की संभावना है गया जिले के रोशनगंज थाना क्षेत्र के विभिन्न जगहों से पुलिस ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन भारत की कम्यूनिस्ट पार्टी माओवादी के पांच हार्डकोर उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है नगर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने बताया कि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक सौ उनसठवीं बटॉलियन ने रोशनगंज थाना क्षेत्र के बरम मोरिया गांव के पास से दो माओवादी संतोष यादव और संतोष कुमार को गिरफ्तार किया इनके पास से कई आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए भागलपुर के सैंडिस मैदान में बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजित हेमन ट्राफी सुपर लीग के पहले सेमीफाइनल में बोर्ड अध्यक्ष एकादश ने बेगूसराय को चार विकेट से पराजित कर फाइनल में प्रवेश किया नई दिल्ली में संपन्न अखिल भारतीय रिजर्व बैंक शतरंज प्रतियोगिता में बिहार के संजीव कुमार ने विजेता बनने का गौरव प्राप्त किया है आज के सभी समाचारों पत्रों ने लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण के मतदान से जूड़ी खबरों को प्रमूखता से प्रकाशित किया है दैनिक हिन्दुस्तान का शीर्षक है पांच सीटों के लिए हुआ मतदान बिहार में चिलचिलाती धूप के बाद भी संतावन दशमलव आठ छह फीसदी वोटिंग दैनिक भास्कर का शीर्षक है सीबीएसई दसवीं के नतीजे घोषित इक्यानवे दशमलव एक प्रतिशत छात्र पास दैनिक जागरण की सुर्खी है झूलसाती रही ध्रप फिर भी नहीं चूके मतदाता प्रभात खबर ने मुजफ्फरपूर आश्रेय गृह मामला से संबंधित खबर को अपनी सुर्खी बनाते हुए लिखा है सीबीआई कथित हत्याओं की जांच तीन जून तक करे

छठे और सांतवे चरण के चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज

भाजपा अध्यक्ष अमित शाह मसौढ़ी में करेंगे चुनावी सभा रोजा और इबादत का पवित्र महीना रमजान आज से शुरू